परिवहन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक राकेश पठानिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में ये घोषणा की गोबिंद ठाकुर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा खरीदी गई इलैक्ट्रिक बसों और मौजूदा सरकार द्वारा अब खरीदी जा रही ऐसी ही इलैक्ट्रिक बसों की कीमत में भारी अंतर है और इस अंतर की जांच करवायी जाएगी

उन्होंने बताया कि ये बसें केंद्रीय मोटर वाहन नियम के प्रावधानों के तहत खरीदी गई और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है गोबिंद ठाकुर ने बताया कि खरीदी गई बसों की मैदानी इलाकों में प्रतिकिलोमीटर औसत पांच किलोमीटर प्रतिलिटर और पहाड़ी इलाकों में साढ़े तीन किलोमीटर प्रतिलिटर तक है

इस संबंध में कांग्रेस के हर्षवर्धन और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी प्रतिपूर्वक सवाल पूछे

इसी मुद्दे पर मुकेश अग्निहोत्री ने महेंद्र सिंह ठाकुर पर राजनीति करने और केंद्र सरकार द्वारा जानबूझ कर परियोजना का पैसा जारी न करने का आरोप लगाया जिसपर सदन में कुछ देर के लिए दोनों तरफ से शोरगुल हुआ

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी विधायकों और सांसदों के नाम की पटिकाएं तोड़ी गई हैं उन्हें एक महीने के अंदर ठीक करवाया जाए जयराम ठाक्र ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों के कार्यालय खोलने के लिए सुझाव मांगे मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय विधायकों के मान सम्मान का ध्यान नहीं रखा गया लेकिन मौजूदा सरकार इस बात के पक्ष में है कि विधायक संस्थान सुद्रढ़ होना चाहिए उन्होंने कहा कि विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उद्घाटन या शिलान्यासों पर संबधित क्षेत्र के विधायक का नाम लिखने पर सरकार सही समय पर सही निर्णय लेगी

उन्होंने कहा कि अब प्रदेश सरकार इस दिशा में यथासंभव प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि बकायदा इसके लिए संबंधित विभागों और सर्वेक्षण एजेंसियों से संपर्क करके इसका निर्माण करवाने की दिशा में सरकार अग्रसर है आरबीआई गवर्नर पूर्व वित्त सचिव शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इस पद के लिए उनके नाम को मंजूरी दी श्री दास वर्तमान में वित्त आयोग के सदस्य हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था चुनाव प्रतिक्रिया देश के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों पर प्रदेश के दो प्रमुख राजनीतिक दलों कांग्रेस व भाजपा ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र की खासियत है कि इसमें निजाम बदलती रहती है उन्होंने कहा कि इन चुनावी नतीजों का आगामी लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चुनाव परिणाम उत्साहजनक रहे हैं

उन्होंने कहा कि राहल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है

मानवाधिकार प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि कैदियों के मानवाधिकारों को सुरक्षित करना न्यायपालिका का कर्तव्य है विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिमला की कंडा जेल में आयोजित कानूनी सेवा शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने ये बात कही न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि अभियुक्त पर अपराधी का टैग केवल जेल परिसर तक ही सीमित होना चाहिए और समाज में उन्हें स्वीकार करते हुए सम्मान मिलना चाहिए उन्होंने कहा कि शिविर का उद्देश्य जेल में बंद कैदियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है इस मौके महानिदेशक कारागार सोमेश गोयल सहित कई न्यायाधीश भी मौजूद रहे इस बीच हमीरपुर के राजकीय महाविद्यालय बड़सर में एक कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को मानवाधिकारों के बारे में जानकारी दी गई अमित कश्यप शिमला जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कश्यप ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीएसएन एल और अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को सभी निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर गुणवत्तापूर्ण दुरसंचार सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए हैं

मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी हिमपात हो रहा है जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति में आज तीसरे दिन बर्फबारी का कम जारी है जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं

हिमपात के बाद रोहतांग दर्रा पूरी तरह आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने बताया कि आपात स्थिति में लोगों को रोहतांग सुरंग से आने जाने के लिए सीमा सड़क संगठन ने सहमति दी है उन्होंने बताया कि घाटी के लिए हैलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का राज्य सरकार से आग्रह किया गया है किन्नौर चंबा जिलों की ऊंची चोंटियों सहित कुल्लू के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मनाली गुलाबा कोठी और सोलंगनाला में भी हिमपात हो रहा है जबकि अन्य भागों में हल्की वर्षा का समाचार है ताज़ा हिमपात से निचले इलाकों में भी ठंड का प्रकोप बढ़ गया है

बैठक युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से जागरूक करने के उद्देश्य से सोलन में जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया बैठक में सोलन खंड के सरकारी व निजी स्कूलों सहित अन्य शिक्षण संस्थानों के पदाधिकारियों ने भाग लिया उपायुक्त विनोद कुमार और पुलिस अधीक्षक मधु सूदन शर्मा ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों सहित अध्यापकों से बच्चों की दिनचर्या पर खास ध्यान देने को कहा ताकि वे नशे से दूर रह सकें उन्होंने बच्चों की कांउसलिंग की भी ज़रूरत बताई दुर्घटना ऊना ज़िला के बसाल गांव में आज सुबह पथ परिवहन निगम की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक महिला की मृत्यु हो गई मृतक चंबा ज़िले के परेल की रहने वाली थी दुर्घटना में चालक सहित एक अन्य महिला घायल हो गए हैं जिन्हें ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है